कल छह मरीजों को उपचार के बाद दी गयी छुट्टी

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के छह नये मामले सामने आने के साथ ही इस वैश्विक महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर अड़तीस हो गयी है कल सीवान के चार और बेगूसराय के दो संदिग्धों में कोरोना संक्रमण की पूष्टि हुई स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सीवान में खाड़ी देशों से लौटे एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आने से उसके परिवार के चार और सदस्य संक्रमित हो गये हैं वहीं बेगूसराय जिले के तेघड़ा के दो लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई है उन्होंने बताया कि इन सभी के निकट सम्पर्कों की जांच की जा रही है साथ ही इनके आवासीय परिसर के पांच किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है और लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है इधर प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से पन्द्रह लोग मुक्त हो चुके हैं जबकि एक मरीज की मौत हुई है अभी बाईस लोगों का इलाज चल रहा है कल छह मरीजों को इलाज के बाद छूट़टी दे दी गयी ये सभी मरीज भागलपुर स्थित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत थे संक्रमण मुक्त हुई मुंगेर की जाशीना बेगम ने कहा कि डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के कारण वे ठीक हो सकी है

अब तक कोविड उन्नीस से एक सौ चौबीस लोगों की मौत हुई है जबकि उपचार के बाद तीन सौ बावन लोगों को छुट्टी दी चुकी है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन के दौरान राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की है उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है

गृह मंत्री जी ने इसेन्शल कमोडिटिज और लॉकडाउन मैजर्स के स्टेटस का डिटेल्ड रिव्यू किया उन्हॉने निर्देश दिया है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जाए कि कही भी होर्डिंग और ब्लैक मार्किटिंग न हो ऐसा करने वालों के विरूद्व सख्ती से और त्वरित गति से कार्रवाई हो डिपार्टमेंट ऑफ कन्जूमर अफेयर्स भी इस मामले को फॉलोअप कर रही है अन्य इसेन्शल कमोडिटिज के साथ गवर्मेट फार्मास्यूटिकल्स के मूवमेट को भी क्लोजली मॉनीटर कर रही है ट्रक्स द्वारा फार्मास्यूटिकल्स का मूवमेंट काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर खाद्य और उपभोक्ता विभाग ने पैंतीस लाख से अधिक अस्वीकृत और लंबित राशन कार्ड के आवेदनों की जांच शुरू कर दी है विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि जो भी आवेदन सही पाये जायेंगे उन्हें तत्काल राशन कार्ड जारी किया जायेगा उन्होंने बताया कि जिन छियासठ हजार आवेदकों का राशन कार्ड बनना लंबित है उन्हें भी जल्द ही कार्ड जारी किया जायेगा श्री पाल ने कहा कि यह काम अगले तीन से चार दिनों के भीतर पूरा कर लिया जायेगा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मुफ्त अनाज बांटने में लापरवाही बरतने और कालाबाजारी के आरोप में जन वितरण प्रणाली के छप्पन द्रकानदारों के लाईसेंस को रद्द कर दिया है विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इनमें सबसे अधिक पूर्वी चम्पारण जिले के सत्रह दुकान शामिल हैं वहीं मुजफ्फरपुर में तेरह नवादा में आठ तथा वैशाली दरभंगा और पश्चिमी चम्पारण में छह छह द्वानदारों के लाईसेंस रद्द किये गये हैं उन्होंने बताया कि इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्लस्टर कंटेनमेंट की रणनीति पर काम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी बाईट कोरोना को मैनेज करने के लिए गवर्मेट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटजी और साथ ही आउटब्रेक विच इज एमिनेबल टू मेनैजमेंट उससे रिलेटिड स्ट्रेटजी एक्शन प्लान हम लोगों ने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट के सारे डी सीज को भी ऑरियंट किया था उसके तहत इट इज सो हैप्पी दू नो कि हमें कुछ स्थानों पर उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट भी आ रहे हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के हाल के अध्ययन का उल्लेख करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि कोविड उन्नीस से संक्रमित एक रोगी लॉकडाउन के आदेशों या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है तो वह तीस दिन में चार सौ छह लोगों को संक्रमित कर सकता है बाईट एक स्टडी अमी रिसेंटली आई है जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से हम केस को मैजर करते हैं तो एक इसमें कॉम्पोनेंट होता है आर नॉट आर नॉट का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है

तो मेरी आप लोगों के द्वारा यह फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि जो एक प्रॉसेस गवर्मेट साइट पर सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है हम लॉकडाउन मैजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग मैजर्स को अपनाएं देश में कई राज्यों की सरकारों और विशेषज्ञों ने केंद्र से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र इस विषय पर विचार कर रहा है महामारी को फैलने से रोकने के लिए इक्कीस दिन के लॉकडाउन की अवधि चौदह अप्रैल को समाप्त हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पतालों में दवा मास्क और अन्य जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने क्वारेंटीन में रखे गये लोगों की सघन निगरानी और वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी आदेश दिये मुख्यमंत्री ने कोरोना के संक्रमण के मुक्त हुये लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की है राज्यपाल फागू चौहान ने भारतीय रेडक्रॉस सोसाईटी की बिहार शाखा से कोरोना संक्रमण को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है उन्होंने सोसाईटी के अधिकारियों से आपदा की इस घड़ी में जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन के साथ समन्वय बनाकर आम लोगों के बचाव के लिए काम करने को कहा है पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं से पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान की राशि का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन हेतु के लिए किये जाने पर सहमति दे दी है इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क ग्लब्स सेनिटाइजर और साबुन जैसे जरूरी समानों की खरीद पर किया जा सकेगा राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से आठवीं तक के लगभग दो करोड़ विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया है शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश निर्गत कर दिया है औरंगाबाद के डॉक्टर जन्मेजय ने कोरोना संदिग्धों के इलाज के लिए चलंत अस्पताल की सुविधा शुरू की है

अब तक जीविका समूहों की ओर से राज्यभर में पांच लाख से अधिक मास्क बनाये गये हैं वहीं ये समूह अपनी छोटी दुकानों के माध्यम से लोगों को आवश्यक समानों की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे हैं लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में प्रदेशभर में अब तक छह सौ चौरासी प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं वहीं पांच सौ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है दस हजार तीन सौ उनचास वाहन जब्त किये गये हैं इस अवधि में लोगों से दो करोड़ चौवालीस लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है आयुष मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ रहने और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं मंत्रालय ने कुछ ऐसे उपायों का परामर्श जारी किया है जो आसानी से किए जा सकते हैं और स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाई जा सकती है बाईट आयुर्वेद साहित्य और वैज्ञानिक पुस्तकों के आधार पर आयुष मंत्रालय ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाए सुझाएं हैं मंत्रालय ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए लोग गर्म पानी पिएं

खाना पकाने में हल्दी जीरा धनिया लहसुन जैसे मसालों का प्रयोग करें

तुलसी दालचीनी कालीमिर्च सौंठ मुनक्का से बना काढा या हर्बल चाय का सेवन करें और दूध में हल्दी मिलाकर दिन में एक या दो बार लें

बाईट मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार के आदेश हैं उनका पालन करें अपने घरों में ही रहे घरों से बाहर न निकलें जब ही हम अपने देश को कोरोना मुक्त बनाए पाएंगे आप सब देशवासियों का इसमें सहयोग चाहिएगा क्योंकि हमें पूरे देश को बचाना है और कोरोना मुक्त बनाना है पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा ने अपील करते हुए कहा बाईट हम सभी के लिए ये एक मुश्किल घडी है पर कोई बात नहीं डटके खड़े रहेंगे तो इस बीमारी को जड से मिटा पाएंगे बताए हुए नियमों का पालन कीजिए घर पर रहिए सेफ रहिए और स्वस्थ रहिए व्हाट्स एप ने कोविड उन्नीस महामारी को लेकर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए संदेश भेजने पर नई सीमा लागू की है इसके अनुसार एक संदेश केवल एक बार ही भेजा जा सकेगा पहले संदेशों को एक बार में पांच लोगों तक फॉरवर्ड करने की सीमा तय थी कोविड उन्नीस के खतरे से निपटने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने चार रेलवे अस्पतालों को विशेष रूप से तैयार किया है मुख्य जनसम्पर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इसमें बिहार के दानापुर समस्तीपुर और गड़हरा स्थित रेलवे अस्पताल शामिल हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने पटना एम्स में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिये हैं कल यहां जांच की ट्रायल शुरू हो जायेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी पुणे से मान्यता मिलने के बाद यहां नियमित रूप से जांच शुरू हो जायेगी भोजपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर गलत खबरें वायरल करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय विशनपुर में बनाये गये एक क्वारेंटीन सेंटर में अज्ञात अपराधियों ने घुसकर रह रहे लोगों के साथ मारपीट की इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसे शिक्षक जो हड़ताल से वापस लौट आये हैं उन्हें मार्च महीने का वेतन दिया जायेगा हालांकि उन्हें यह वेतन उसी तिथि से दिया जायेगा जिस दिन से उन्होंने काम शुरू किया है इस संबंध में विभाग ने आदेश निर्गत कर दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नये मामलों के सामने आने और छह मरीजों के स्वस्थ होने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार के अठाईस जिलों में कोरोना का संक्रमण नहीं दैनिक जागरण लिखता है लॉकडाउन पूरी तरह हटाने के पक्ष में नहीं है बिहार सरकार दैनिक भास्कर ने लिखा है बिहार मंत्रिमंडल की आज होगी बैठक सीएम मंत्री और विधायकों के वेतन में हो सकती है तीस से पचास प्रतिशत की कटौती प्रभात खबर राष्ट्रीय सहारा और आज ने लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किये जा रहे उपायों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

कल छह मरीजों को उपचार के बाद दी गयी छुट्टी